साहिबजादा दिवस के अवसर पर कल अपने आवास पर आयोजित गुरूबाणी कीर्तन में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा साहिबजादा दिवस सिख गुरू गुरूगोबिन्द सिंह के चार साहिबजादों और उनकी माता गुजरी के बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है श्री योगी ने कहा कि यह दिन मातृभूमि देश और धर्म के लिए बलिदान देने वाले गुरू गोविन्द सिंह के पुत्रों और माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख समाज को उसके कठिन परिश्रम के लिए जाना जाता है सिख गुरूओं ने हिन्दू धर्म की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया देश उनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रिटेन फ्रांस और अन्य देशों से आए सभी लोगों का पता लगाकर उनका आरटीपीसीआर परीक्षण करने का आदेश दिया साथ ही परिणाम आने तक उन्हें क्वारंटीन में रहने को कहा एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाहर के देशों से आ रहे सभी लोगों की एक सुची तैयार की जाये और हर किसी का कोविड परीक्षण किया जाये ऐसे लोगों को तब तक घरों में ही पृथकवास में रखा जाये जब तक कि उनकी कोविड जांच के नतीजे सामने नहीं आ जाते मुख्यमंत्री ने कांटेक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम को और प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट पूरी क्षमता के साथ किये जायें

इस समय मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एवं वाराणसी जनपद के नोडल अधिकारी देवेश चत्र्वेदी ने आज जिले में धान खरीद के प्रगति की समीक्षा की अपर मुख्य सचिव श्री चतुर्वेदी ने क्रय एजेंसियों को निर्देशित किया कि क्रय केंद्र पर आने वाला समस्त धान का खरीद किया जाए किसान जितना धान बेचना चाहेगा वह समस्त धान एमएसपी पर खरीद होगा और इसका लाभ किसान को दिया जाएगा लक्ष्य से अधिक धान भी आएगा तब भी पूरा धान खरीदा जाएगा क्रय एजेंसी खरीद के बाद शीघ्रता से धान को मिलों को डिलीवरी करें किसानों का भुगतान भी तय समय सीमा में करें इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस की योजना सवेरा लाखों बजुर्गो के जीवन में उजाला भरने का कार्य कर रही है

बलिया जिले में अब तक एक हजार नौ सौ पचहत्तर बुजुर्ग सवेरा में अपना पंजीकरण करवा चुके हैं मनरेगा के तहत कार्यों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल शुरू की है ग्राम्य विकास विभाग मोबाइल नम्बर जारी किया है जिस पर एसएमएस या व्हाट्सएप सन्देश भेजकर कोई भी मनरेगा के तहत काम की मांग कर ने इसके लिए सकता है इससे ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी

कोहरे के कारण हापुड़ के पिलखुवा में हाइवे पर आज हुई एक दुर्घटना में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई जबकि पांच लोग गंभीर रुप से घायल हो गए पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया जबकि मृतको के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया